मुख्यमंत्री ने जनमंच को सरकार की बड़ी सफलता भी करार दिया और कहा कि इसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सराहा जा रहा है

जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग पर्यटन बिजली कृषि आधारित उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए जून महीने में धर्मशाला में मैगा इन्वेस्टर मीट आयोजित करेगी इससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि युवाओं को रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति के विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है इसके लिए सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम आरंभ किए हैं उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचे और उनके जीवन स्तर में सुधार हो स्वास्थ्य मंत्री आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के घडंहू में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने इस मौके पर लोगों की समस्याओं का सुना और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया रैली प्रदेश सरकार के एक साल का कार्यकाल प्रा करने के मौके पर धर्मशाला में आयोजित होने वाली जन आभार रैली की तैयारियां जोरों पर है मुख्य सचिव बीकेअग्रवाल ने रैली की तैयारियों को लेकर आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों से चर्चा की और रैली में आने वाले लाभार्थियों के लिए यातायात व्यवस्था की जानकारी दी उन्होंने रैली के दौरान बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए तैयार मोबाईल ऐप का शुभारंभ भी किया इस दौरान कांगड़ा के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि रैली के दौरान सुचारू व्यवस्था के लिए नोडल और संपर्क अधिकारी लगाए गए हैं जो विभिन्न सेवाओं को देखेंगे पन्ना प्रमुख शिमला संसदीय क्षेत्र का पन्ना प्रमुख सम्मेलन कल सोलन में आयोजित किया जाएगा सम्मेलन को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा संबोधित करेंगे भाजपा का ये दूसरा पन्ना प्रमुख सम्मेलन है इस सम्मेलन में शिमला संसदीय क्षेत्र के हजारों पन्ना प्रमुख हिस्सा लेंगे पार्टी ने अपना पहला पन्ना प्रमुख सम्मेलन मंडी में आयोजित किया था जिसे केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया था बिंदल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र में कामगारों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक सौ बिस्तरों वाला ईएसआई अस्पताल खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए मामला केन्द्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया है डॉक्टर बिंदल नाहन में माता पदमावती कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यकम के समापन अवसर पर बोल रहे थे डॉक्टर बिंदल ने इस मौके पर युवाओं का आहवान किया कि वे नशे से दूर रहे और प्रदेश को नशामुक्त रखने व पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहयोग दें हैलीकॉप्टर सेवा प्रदेश सरकार ने जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति के लिए आज से हैलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी है पहले दिन आज भुंतर उदयपुर भुंतर के बीच उड़ान हुई

ये उड़ाने भूंतर तांदी भूंतर की बीच भरी जाएंगी और मौसम पर निर्भर करेंगी किसान सभा हिमाचल किसान सभा ने आरोप लगाया है कि सरकारी दावों के बावजूद किसानों का शोषण नहीं रूका है और बिचौलिए उनकी कमाई खा रहे हैं

आयोग ने ग्राम व नगर नियोजन विभाग में सहायक टाऊन प्लानर के एक पद और सूचना व जनसंपर्क विभाग में उप संपादक के एक पद के लिए हुए साक्षात्कार का भी अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है